आगामी बिहार विधान सभा के चूनाव इसी गाइडलाइन के आधार पर होंगे

उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र दाखिल कर सकेंगे

अब तक पांच सौ अठासी लोगों की मृत्यु

निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं इन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत आगामी बिहार विधान सभा के चुनाव कराये जायेंगे आयोग के नये दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदान चुनाव प्रचार नामांकन सहित निर्वाचन संबंधी सभी कार्य संपन्न कराये जायेंगे

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए मतदान और चुनाव संबंधी कार्य बड़े हॉल या परिसर में संपन्न होंगे जहां थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति मिलेगी कोरोना संक्रमित मतदाता मतपत्रों के जरिये अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिन परिसरों में चुनाव कार्य होंगे वहां सेनिटाईजर साबुन और पानी की व्यवस्था की जायेगी गाइडलाइन के अनुसार इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र भी दाखिल कर सकेंगे पहली बार जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा जमा करने की अनुमति दी गयी है ये ऑनलाइन कार्य राज्य के मुख्य निवार्चन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालयों की वेबसाइट के जरिये पूरे होंगे आयोग के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य जिला और विधान सभा स्तर पर नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती की जायेगी आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करने के समय उम्मीदवार के समर्थकों और कार्यालय तक पहुंचने वाले वाहनों की संख्या के लिए नये मानदंड तय किये गये हैं ऑनलाइन नामांकन के बाद प्रिंट आउट की गयी प्रतियां निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या डेढ़ हजार की बजाय एक हजार होगी इससे मतदान केन्द्रों पर भीड़भाड़ में कुछ कमी आयेगी हर मतदाता को दस्ताना और फेस मास्क उपलब्ध कराया जायेगा आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का वोटिंग से एक दिन पहले अनिवार्य रूप से सेनिटाईजेंशन कराया जायगा हर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के पहले मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी जिनका भी शरीर का तापमान तय मानक से ज्यादा या कोरोना की आशंका होगी वह मतदाता सबसे अंत में वोट डालेगा इसके लिए मतदाता को एक टोकन दिया जायेगा मतदान के दौरान लगने वाली लाईन में दो गज की दूरी का पालन किया जायेगा मतदान के लिए तीन लाईन बनाने के निर्देश दिये गये हैं पहली दो लाईन पुरूष और महिला मतदाता जबकि तीसरी लाईन दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होगी चुनाव कार्यों के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन कराया जायेगा मतदान के दौरान चुनाव से जुड़े किसी कर्मी को कोरोना संक्रमण हो जाये इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था की जायेगी नामांकन के समय उम्मीदवार के केवल दो समर्थक ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय तक जायेंगे इस दौरान दो वाहनों को ही कार्यालय के बाहर आने की अनुमति दी गयी है इसके अलावा डोर टू डोर चुनाव प्रचार में पांच से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे चुनाव के दौरान आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग सोमवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये बैठक करेगा इसमें कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति मतदान केन्द्रों की संख्या सुरक्षा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अद्यतन मतदाता सूची सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी इधर चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गयी है कल भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति की वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दो दिवसीय बैठक शुरू होगी इसमें पार्टी के नये राज्य चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस भी भाग लेंगे जबकि अंतिम दिन भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा भी पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सत्रह हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार चार सौ इकसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक तीन सौ आठ मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं पूर्वी चंपारण से एक सौ उनतालीस मधुबनी से एक सौ चौतीस और अररिया जिले से एक सौ सोलह नये मामलों की पुष्टि हुई है जबकि नालंदा कटिहार और सारण जिले से एक सौ तीन एक सौ तीन नये मामले सामने आये हैं अब तक इस महामारी से लगभग बानवे हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं पच्चीस हजार दो सौ इकतालीस लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों का औसत बढ़कर अठहत्तर प्रतिशत हो गया है अब तक इस महामारी से पांच सौ अठासी लोगों की मृत्यु हुई है वहीं देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर उनतीस लाख पांच हजार आठ सौ तेईस हो गया है जानीमानी लोक गायिका शारदा सिन्हा कोरोना संक्रमित हो गयी हैं कोविड उन्नीस की पुष्टि के बाद उनका इलाज चल रहा है शेखपुरा जिले में बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के प्रभारी सुधीर मोहन भी कोविड उन्नीस से संक्रमित पाये गये हैं इसके बाद सभी कर्मचारियों का कोविड जांच के लिए सैंपल लिया गया है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड उन्नीस के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेश गर्ग ने कहा कि यह संक्रमण यात्रा से आए व्यक्तियों और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों से फैलता है

जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो वहां पर चांसेज होने के ज्यादा है तो अगर हम इसको देखे कि कैसे स्प्रेड होने वाला है तो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सोशल आईसोलेशन कैसा रहता है सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है दूसरा जिनको पॉसिबिलिटी है होने के चांसेज हैं वो अपने आप को आईडेंटिफाई करें अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करें अपने आपको सेल्फ क्वारंटाइन करें तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जैविक उत्पाद वाले किसानों के लिए नालंदा के बिहारशरीफ में अलग से बाजार बनाया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कुल मिलाकर बत्तीस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण इन जिलों के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पटना मुंगेर खगड़िया और भागलपुर में कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है सोन के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना रोहतास और अरवल जिले में नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है जिला प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाये हुए हैं इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि दरभंगा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है

खगड़िया सदर अंचल के रहिमपुर मध्य दक्षिणी और उत्तरी पंचायत के कई गांव बाढ़ से घिर गये हैं इन इलाकों में पशुचारे की भारी परेशानी हो गयी है जिले में एक सौ पैंतीस गांवों में डेढ़ लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है गंगा सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंगा नदी का जलस्तर आज कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर और भागलपुर जिले के कहलगांव में बीस सेंटीमीटर ऊपर चला गया वहीं मुंगेर और भागलपुर में नदी का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है इधर सोन नदी का भी जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से एक मीटर तीस सेंटीमीटर ऊपर चला गया है राज्य की अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है जबकि कई नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है गंडक नदी गोपालगंज जिले के ड्रमरिया घाट में खतरे के निशान से सात सेंटीमीटर ऊपर है बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में नदी का जलस्तर लाल निशान से डेढ़ सेंटीमीटर अधिक रिपोर्ट किया गया कोसी नदी के उफान में कमी आने से कई स्थानों पर जलस्तर घटा है वहीं खगड़िया जिले के बलतारा में यह अब भी खतरे के निशान से डेढ़ सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है जल संसाधन विभाग ने समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बेगूसराय खगड़िया और मुंगेर जिले में बारिश के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है

इस मार्ग पर थलवारा और हाया घाट के बीच रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण ट्रेनों की आवाजाही चौबीस जुलाई से बंद थी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संरक्षा संबंधी मंजूरी मिल गयी है परीक्षण के तौर पर सबसे पहले इस मार्ग से एक मालगाड़ी को चलाया गया इसके बाद अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को इस मार्ग से रवाना किया जायेगा मौसम विभाग ने चौबीस और पच्चीस अगस्त को गंगा के तटीय इलाकों और नेपाल से सटे तराई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है

इधर पटना सहित राज्य के कई इलाकों में तेज हवा बह रही है जिसके कारण तापमान में थोड़ी कमी आयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है अखंड सुहाग के प्रतीक का पर्व तीज आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

आज मुहर्रम की पहली तारीख है और यौम ए आशूरा तीस अगस्त को मनाया जायेगा राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य में विभिन्न इमामबाड़ों और खानकाहों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है और कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है कटिहार जिले में तेज हवा के कारण बारसोई थाना क्षेत्र में महानंदा और बरारी में गंगा नदी में दो नौकाएं पलट गयी इन हादसों में एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि तीन लोग लापता हैं रोहतास जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी के आरोप में कृषक सेवा केन्द्र अकोढ़ीगोला के सहायक गोदाम प्रबंधक सरफराज आलम को निलंबित कर दिया गया है जबकि छह खाद विक्रेताओं के लाईसेंस भी रद्द कर दिये गये हैं

आगामी बिहार विधान सभा के चुनाव इसी गाइडलाइन के आधार पर होंगे

उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र दाखिल कर सकेंगे

अब तक पांच सौ अठासी लोगों की मृत्यु